राजधानी रायपुर में अब इकतीस मार्च तक लॉकडाउन रहेगा

मुठभेड़ जवान शहीद सुकमा जिले में बीती शाम माओवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में सत्रह जवान शहीद हो गए वहीं पंद्रह अन्य जवान घायल हुए हैं इनमें से दो की हालत गंभीर बताई जाती है सभी घायलों को रायपुर लाकर एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है मिली जानकारी के अनुसार सुरक्षा बलों को इस बात की खुफिया जानकारी मिली थी कि चिंतागुफा के जंगलों में बड़ी संख्या में माओवादी मौजद हैं इसके बाद डिस्टिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी और स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ का संयुक्त दल तलाशी अभियान पर निकला था इस दौरान कसालपाड और भिनपा के बीच माओवादियों ने एंब्श लगाकर जवानों पर अंधाध्यध फायरिंग शुरू कर दी मुठभेड़ के बाद कल शाम चौदह वहीं आज सुबह तीन घायल जवान लौट आए थे जबकि सत्रह जवान लापता थे

बताया जाता है कि मुठभेड़ के बाद माओवादी सुरक्षा बलों की बारह एके सैंतालीस रायफल सहित पंद्रह हथियार और यूबीजीएल लूटकर अपने साथ ले गए हैं हमारे संवाददाता ने बताया कि मुठभेड़ स्थल पर जो खून के घब्बे मिले ेहैं उससे इस बात की संभावना है कि इस गोलीबारी में माओवादियों को भी काफी नकसान हुआ है राज्यपाल अनुसुईया उइके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व मुख्यमंत्री डाक्टर रमन सिंह ने जवानों की शहादत पर गहरा दुख प्रकट किया है

केन्द्र सरकार ने जिन राज्यों में कोविड उन्नीस के संक्रमण और मौत की पृष्टि हई है उनके पचहत्तर शहरों में आवश्यक सेवाओं के संचालन को नियंत्रित करने के लिए कहा है राजधानी रायपुर देश के उन पचहत्तर शहरों में शामिल है जहां कोरोना वायरस से पीड़ित मरीज मिले हैं केन्द्र सरकार के ऐलान के बाद इकतीस मार्च तक रायपुर में जीवनरक्षक सभी जरूरी सेवाओं को छोड़कर तमाम चीजें बंद रहेंगी इस दौरान मेडिकल दुकानें अस्पताल और राशन दुकानें खुली रहेंगी इस बीच रायपुर कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन ने जनता कफर्यू के बाद भी यथासंभव लगातार इकतीस मार्च तक लोगों से घरों में बने रहने और भीड़माड़ से बचने की अपील की है उन्होंने कहा है कि प्रशासन नागरिकों की मदद और जीवनरक्षा के लिए हमेशा उपलब्ध है कलेक्टर ने अपील की है कि जिले में धारा एक सौ चवालीस लगी है कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए इकतीस मार्च तक सार्वजनिक स्थल पर न जाए इस दौरान अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी प्रतिष्ठान और कार्यस्थल भी लगातार बंद रखे जाएं कोरोना फैसला केंद्रीय मंत्रिमंडल सचिव और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की जिसमें कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति और इससे निपटने के उपायों पर चर्चा की गई वहीं केन्द्र सरकार ने देश में कोविड उन्नीस की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञों की एक उच्चस्तरीय तकनीकी समिति भी गठित की है नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल को इक्कीस सदस्यों वाली इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है इस बीच भारतीय रेलवे ने आज आधी रात से इकतीस मार्च तक सभी यात्री रेलगाड़ियों का परिचालन स्थगित कर दिया है देश में कोविड उन्नीस के फैलाव को रोकने के लिए रेल मंत्री पीयूष गोयल ने आज इसकी घोषणा की रेल मंत्रालय ने रेलगाडियां रद्द होने से इक्कीस जून तक अपने टिकट रद्द कराने वाले यात्रियों को पूरी धनराशि वापस करने का भी प्रस्ताव किया है बातों बातों में समसामयिक विषयों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में इस बार नोवल कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए किए जा रहे उपायों पर आधारित रहेगा प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए उठाए जा रहे ऐहतियाती कदमों के बारे में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से ली गई भेंटवार्ता का प्रसारण आज रात साढ़े आठ बजे आकाशवाणी केन्द्र रायपुर से किया जाएगा इसे प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ रिले करेंगे

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में लोगों से जनता कर्फ्यू की अपील की थी यह एक स्वैच्छिक अभियान है जो सुबह सात बजे से शुरू हुआ है और रात नौ बजे तक चलेगा इस बीच छत्तीसगढ़ के सभी शहरों में भी जनता कफ्यू को लोगों ने अपना पूर्ण समर्थन दिया है इस दौरान लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकले राजधानी रायपूर में भीडभाड वाले जयस्तंभ चौक मालवीय रोड और सदर बाजार सहित सभी प्रमुख सडके और सार्वजनिक स्थान सनसान नजर आ रहे हैं सभी दकाने भी बंद हैं प्रदेश के अन्य शहरों से भी जनता कर्फ्यू के पूर्ण समर्थन के समाचार मिले हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने संबोधन में आवश्यक सेवाओं से जुडे लोगों का आमार व्यक्त करने की अपील की थी प्रधानमंत्री के आग्रह का स्वागत करते हुए छत्तीसगढ़ में रायपुर सहित सभी शहरों और कस्बों में लोगों ने आज शाम पांच बजे घरों की बालकनी दरवाजों और अपनी छतों पर खड़े होकर ताली शंख घंटी और थाली बजाकर सुरक्षा बलों सफाईकर्मी स्वास्थ्य विभाग और भीडियाकर्भियों के लिए आभार व्यक्त किया साथ ही कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एकजुटता भी दिखाई कोरोना परामर्श अपील केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए ब्रुनियादी सुझाव दिए हैं लोगों को भीड़ से बचने को कहा गया है खांसी या बुखार से पीड़ित व्यक्ति को दूसरों के निकट सम्पर्क में न जाने की सलाह दी गई है कोरोना वायरस से संबंधित किसी भी सहायता के लिए हेल्पलाइन नम्बर है शन्य एक एक दो तीन नौ सात आठ शन्य चार छह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से सतर्क और मुस्तैद है तथा इसके नियंत्रण और रोकथाम के लिए समी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के जरिये फैल रही कृष्ठ अफवाहों से कोविड उन्नीस के खिलाफ लड़ाई को नकारात्मक दिशा मिल सकती है जिससे हमारी लड़ाई कमजोर पड़ सकती है उन्होंने प्रदेशवासियों से सोशल मीडिया में चलने वाली किसी भी अफवाह की जानकारी मिलने पर इसे आगे फारवर्ड नहीं करने कहा है साथ ही ऐसी सामग्री की शिकायत तत्काल फेक न्यूज डॉट शिकायत एट द रेट जी मेल डॉट कॉम पर दर्ज कराने की अपील की है इस बीच छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग ने पिछले चौदह दिनों में विदेश प्रवास से लौटे सभी लोगों से होम क्वारेंटाइन में रहने की अपील की है ऐसे समी लोगों से कहा गया है कि वे हेल्पलाइन नंबर एक सौ चार पर फोन कर अपने बारे में समी जानकारियां दर्ज कराएं यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और फिर उन्हें स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाए गए क्वारेंटाइन सेंटर में चौदह दिन रखा जाएगा स्वास्थ्य विमाग ने होम क्वारेंटाइन की जरूरत वाले सभी लोगों के बाए हाथ की ऊपरी सतह पर एक खास सील लगाकर चिन्हित करने के निर्देश भी दिए हैं यह सील तैयार कर सभी जिला कलेक्टरों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को भेज दी गई है कोरोना उपाय राजनांदगांव जिला प्रशासन ने दूसरे प्रदेशों से लौटने वालों की जांच और रिपोर्ट आने तक निगरानी के लिए शहर के एक होटल में व्यवस्था की है और होटल को क्वारेंटाइन सेंटर का रूप दिया गया है जिला प्रशासन द्वारा होटल स्टाफ को स्वास्थ्य सुविधाओं और बरती जाने वाली सुरक्षा को लेकर प्रशिक्षित भी किया जा रहा है टोल फ्री नंबर निदान एक एक शून्य शून्य पर भी अब कोरोना वायरस से संबंधित शिकायतें दर्ज कराई जा सकेंगी

वे सतासी वर्ष के थे और कृष्ठ समय से बीमार चल रहे थे श्री हेड़ाउ का अंतिम संस्कार कल राजनांदगांव के मठपारा स्थित मुक्तिधाम में किया जाएगा प्रख्यात फिल्म निदेशक सत्यजीत रे के निर्देशन में उन्नीस सौ इकयासी में बनी टेली फिल्म सतगति में भी अभिनय किया था